स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

इस दैरान पैतालीस वर्ष से अधिक उम्र के लोगो का व्यापक तौर पर टीकाकरण किया जाएगा कोविड टीकाकरण उत्सव के दौरान ईटानगर राजधानी क्षेत्र में पांच जगहो पर कोविड टीकाकरण किया जाएगा इनमें ट्रिम्स नाहरलग़न आर के मिशन अस्पताल ईटाफोर्ट अर्बन पी एच सी चिंप् पी एच सी और कारसिंगसा यू पी एस सी शामिल है इधर अरुणाचल के राज्यपाल डॉ बी मिश्रा ने प्रदेश वासियों से कोरोना महामारी की द्रसरी लहर पर नियंत्रण के लिए दिशानिर्देशों के अन्सार मास्क लगाने सामाजिक द्ररी के नियमों का पालन करने नियमित अंतराल पर हाथों को सेनेटाइज करने और सार्वजनिक स्थलों पर न थ्कनें की अपील की है राज्यपाल ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और माइक्रो कंटेटमेंट जोन बनाने पर जोर दिया है श्री मिश्रा ने प्रदेश के लोगो से ग्यारह से चौदह अप्रैल तक चलने वाले टीका उत्सव में भाग लेकर टीकाकरण करवाने की अपील की है

जबकि इस दौरान सात सौ चौरानबे लोगो की इस महामारी से मौत हई देशभर में अब तक नौ करोड़ अस्सी लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा च्के हैं इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोविड के दो नए मामले सामने आए और एक रोगी स्वस्थ हआ

राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तीस है और कल कोविड जांच के लिए पांच सौ इकतीस सैंपल एकत्र किए गए ईस्ट सियांग जिले से लगे म्रकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन पर देश के अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच की जा रही है

ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलग्न स्थित ट्रिम्स की पांचवी गावर्निग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करते हए म्ख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज के फेकल्टी मेंबर्स और अन्य कर्मियो की निय्क्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने समय सभी पहल्ओ का ध्यान रखने को कहा म्ख्यमंत्री ने ट्रिम्स के निर्माणाधीन ब्लॉक टू का निरीक्षण करते हए इसे त्वरित गति से प्रा करने के निर्देश दिये गौरतलब है कि यह राज्य अस्पताल एक सौ चालीस बैड की स्विधा के साथ श्रु हआ था जिसे बाद में बढ़ाकर तीन सौ बेड कर दिया गया और ट्रिम्स के बनने के बाद अब इसमें पांच सौ बेड है जिसे बढ़ाकर सात सौ इकतालीस करने पर काम चल रहा है वर्ष दो हजार अद्वारह में ट्रिम्स में एम बी बी एस का पहला बैच श्रु हुआ था दो हजार बीस में महामारी के कारण एडमिशन नही हो पाया और इस वर्ष सितंबर या अक्टूबर तक संस्थान में एम बी बी एस के चौथे बैच का प्रवेश श्रु होने की संभावना है

उन्होंने राज्य में स्ख शांति और समृद्धि की कामना की है त्त्सा जनजाति म्ख्य रुप से राज्य के चांगलांग और तिरप जिले में निवास करती है और बारिश के मौसम से पहले प्रभ् रांगकाथोक से अच्छी फसल और समृद्धि के लिए आर्शीवाद लेते है इधर आज चांगलांग के रांगफ्रा मंदिर में बने गेस्ट हाउस का उद्घाटन राज्य के सांस्कृतिक मामलो के मंत्री ताबा तेदिरने किया इस अवसर पर युवा मामलो के मंत्री मामा नात्ंग सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे

अरुणाचल प्रदेश विज्ञान और तकनीकी परिषद द्वारा विकसित इस पार्क का उद्घाटन नामपोंग के गांव बूढ़ा चाउ खेम होपक ने पंचायत सदस्यों की उपस्थिति में किया